मण्डी जिले के जोगिन्द्रनगर में करोड़ों रूपए की विकास योजनाओं के मुख्यमंत्री ने किए उदघाटन और शिलान्यास राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल पर धर्मशाला में होगा समारोह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आने का कार्यक्रम मौसम विभाग ने कल से क्छ क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात की जताई संभावना विधानसभा प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से धर्मशाला के समीप तपोवन में शुरू होने जा रहा है

इस दौरान प्रश्नकाल के साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताहभर की शासकीय सूची से अवगत करवाएंगे सदन में कल विधायक राकेश जम्वाल कीरतपुर नेरचौक फोरलेन पर चमुखा में गिर रहे डंगों से हादसों के खतरे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे

एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के नेतृत्व में विधानसभा का ये चौथा सत्र है

सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस सत्र को लेकर रणनीति बनाने में जूटे हैं दोनों ही दलों की अलग अलग बैठकें धर्मशाला में इस समय चल रही हैं विपक्ष जहां सरकार को घेरने की तैयारी में है वहीं मुख्यमंत्री पहले ही विपक्ष के सभी सवालों के जवाब सदन में देने की बात कह चुके हैं कल मिलाकर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हए सदन में गहमागहमी के भी आसार हैं

तपोवन विधानसभा परिसर में आज सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि सत्र का व्यापक सद्पयोग जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए बिंदल ने बताया कि सत्र में सड़कों की स्थिति युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा के अलावा इनसे निपटने के उपायों पर विचार किया जाएगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मण्डी ज़िले के जोगिन्द्रनगर में पथ परिवहन निगम का डिपो और सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग का मण्डल खोलने की घोषणा की है जोगिन्द्रनगर में आज एक जनसभा में उन्होंने लड़भड़ोल में आईटीआई और मकरीड़ी में उप तहसील खोलने की भी घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त और जिम्मेदार प्रशासन प्रदान किया है इससे पहले मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में करोड़ों रूपए की विकास परियोजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास किए उन्होंने उत्कृष्ट कार्यों के लिए अनेक सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को सम्मानित भी किया सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह सांसद राम स्वरूप शर्मा और पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया बाद में मुख्यमंत्री ने बनांदर में जनसभा के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लड़भड़ोल को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा की उन्होंने कहा कि लड़भड़ोल में सीएसडी कैंटीन खोलने का मामला सेना अधिकारियों से उठाया जाएगा अनुराग ठाकुर लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर इन दिनों जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने संबोधन में उन्होंने किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण खाद्य सुरक्षा के स्थायी समाधान सहित अनेक विकास कार्यक्रमों पर चर्चा कर विश्व पटल पर भारत का पक्ष रखा

उन्होंने खाद्य भण्डारण के नवीनतम तौर तरीकों को अपनाने पर भी बल दिया गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने समाज को नशामुक्त बनाने में सभी की सहभागिता को ज़रूरी बताया है कांगड़ा जिले के सलियाणा में आज व्यसनमुक्त हिमाचल स्वस्थ हिमाचल विषय पर खण्डस्तरीय समारोह में उन्होंने कहा कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां की अधिकांश जनसंख्या युवा है ऐसे में ये ज़रूरी है कि युवा अपनी असीमित ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान करें गोविंद ठाकर ने कहा कि आज के दौर में वही आगे बढ़ पाएगा जिसमें प्रतियोगिता की भावना होगी और हर कला में पारंगत होगा

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने धर्मशाला के अक्षैणा में आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए सरकार तत्परता से कार्य कर रही है इस अवसर पर विपिन परमार ने जन समस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर निपटारा किया और कहा कि लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता है

वीरेन्द्र कश्यप भाजपा सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा है कि केन्द्र सरकार आधुनिक व गुणात्मक शिक्षा पर बल दे रही है सोलन जिले के कनिहार में आज जवाहर नवोदय विद्यालय के एक कार्यक्रम में उन्होंने विद्यार्थियों से लक्ष्य निर्धारित कर इस दिशा में बढ़ने का आग्रह किया वीरेन्द्र कश्यप ने विद्यालय परिसर में भाषा प्रयोगशाला की आधारशिला रखी और सांसद निधि से सोलर हीटर के लिए धनराशि भी दी धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने दिहाड़ीदारों श्रमिकों और कामगारों को काफी लाभ पहंचाया है सुजानपुर के सरहाकड़ में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से इस वर्ग की समस्याओं को भी सुलझाया है धूमल ने कहा कि बोर्ड के माध्यम से कामगारों को इंडक्शन हीटर सोलर लाइट वॉशिंग मशीन और साईकिल देने का भी प्रावधान है उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत कामगारों को स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में किसी भी स्थान पर लगने वाले सीमेंट प्लांट का विरोध करने का निर्णय लिया है एक बयान में पार्टी अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस तरह के प्लांट से प्रकृति और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है उन्होंने कहा कि सीमेंट कम्पनियां उद्योग के नाम पर संबंधित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन करती हैं जिससे प्राकृतिक संपदा का अवैध दोहन हो रहा है मौसम प्रदेश में कल से मौसम का मिजाज बदल सकता है

विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इससे तापमान में भी कमी आ सकती है

उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने बताया कि सीमा सड़क संगठन की ओर से भी इस संबंध में प्रशासन को अलर्ट किया गया है

विधिक साक्षरता शिमला जिले के बालिका आश्रम सुन्नी में आज विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया जिला व सत्र न्यायाधीश सीबीआई बरिन्द्र ठाक्र की अध्यक्षता में हुए इस शिविर में किशोरियों को उनके अधिकारों और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी गई उन्होंने आश्रम में कन्याओं को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं और उनकी समस्याओं का भी जायजा लिया वहीं इलाके की ग्राम पंचायत शकरोड़ी में भी शिविर में लोगों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई

कार्यक्रम प्रभारी चंद्रदेव ठाक्र ने बताया कि शिविर में विद्यार्थियों से स्वच्छता अपनाने के साथ साथ नशे से दूर रहने का आहवान किया गया सम्मान हिमालयी क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को केयर हिमालय संस्था ने आज कुल्लू में हए एक समारोह में सम्मानित किया समारोह में एडीएम कुल्लू अक्षय सूद बतौर मुख्य अतिथि जबकि पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाक्र विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे हमारे प्रतिनिधि के अनुसार ये संस्था हिमालयन संस्कृति के संरक्षण संवर्द्वन विकास और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है